स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अद्वारह वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

गौरतलब है कि ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कंटेनमेंट उपायों के तहत पहले से ही इकतीस मई तक लॉकडाउन लागू है लेकिन इसके बादजूद कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्तरी जारी है इसी कारण जिला प्रशासन ने अब कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया है जिला उपाय्क्त के आदेश के म्ताबिक कर्फ्य् की अवधि में आपातकालिन एवं आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है लेकिन सेक्टरों या वार्डो में दुकाने खोलने की अन्मति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है उपाय्क्त ने लोगों से ई कॉमर्स सेवाओं का इस्तेमाल कर अपने घर पर सामान मंगवाने की अपील की है उन्होंने व्यापारियों का ऑनलाइन या फोन के जरिए ऑर्डर करने का सुझाव दिया

जिला उपायुक्त मिका न्योरी ने दापोरिजो स्थित जिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण अभियान टीका उत्सव का श्भारंभ किया उपाय्क्त ने कहा कि जिले में अब तक नौ हजार लोग कोविड वैक्सीन की पहली ख्राक ले च्के हैं जबकि करीब दो हजार लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनो डोज ले ली है उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड टीकाकरण के प्रति जाग़रुक करने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है

यह टीका उत्सव आज से श्रु होकर इकतीस मई तक चलेगा पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के दूसरी लहर जानलेवा है इसलिए लोगों को इस महामारी को गंभीरता से लेना चाहिए उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार रुस में बनी वैक्सीन स्पृतनिक वी को राज्य के सरकारी एवं निजी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है

इस शिविर में अडारह से चौवालीस साल के क्ल एक सौ लोगों को कोविड टीका लगाया गया इस दौरान युवाओं में टीकाकरण को लेकर उत्साह देखा गया विधाक निनोंग इरिंग ने य्वाओं के लिए टीकाकरण अभियान शुरु करने को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तारीफ की और एफ आर यू रुकसिन के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के जनोम तथा अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वह इस अस्पताल की हर संभव मदद करेंगे